केंद्रीय मंत्री के साथ उप म्ख्यमंत्री चाउना मैन जल आपूर्ति मंत्री वांग्की लोवांग लोकसभा सासंद तापिर गांव और कई विधायक मौजूद थे इस परियोजना से नामसाई जिले के चौखाम ब्लॉक के करीब एक हजार तीन सौ परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास चिल्ड्रेन पार्क केफेटेरिया ओपन एयर एंफीथियेटर रिवरव्य् जेट्टी फ्लोरल फाउंटेन सोलर लाईटिंग सहित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई ब्नियादी स्विधाओ का विकसित किया गया है केंद्रीय मंत्री ने चौखाम जल आपूर्ति परियोजना के निरीक्षण के दौरान इस गांव का भी जायजा लिया उन्होंने उप म्ख्यमंत्री चाउना मैन से प्रदेश में पर्यटन और कृषि बागवानी संभावनाओं पर चर्चा की हमारे संवादादता के साथ बातचीत में श्री शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश मे जल शक्ति मिशन के तहत लाग् की जा रही परियोजनाओ और लक्ष्यों के बारे में जानकारी दी

केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने ट्वीट संदेश में प्लिस कर्मियों और उनके परिजनों को स्थापना दिवस की श्भकामनाएं देते हुए राज्य में शांति और सौहार्द का वातावरण बनाए रखने के लिए उनके योगदान को याद किया है पाप्मपारे जिले के बंदरदेवा में स्थित पुल्स प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित म्ख्य समारोह में म्ख्यमंत्री पेमा खांडू राज्य के गृहमंत्री बामंग फेलिक्स प्लिस महानिदेशक आर पी उपाध्याय और बड़ी संख्या में प्लिस कर्मि मौजूद थे इस अवसर पर म्ख्यमंत्री पेमा खांडू ने परेड का निरीक्षण किया और राज्य प्लिस को कानून व्यवस्था बनाएं रखने में सहायता के लिए नए पी सी आर वैन प्रदान किए संवाददाताओ द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में श्री खांडू ने कहा कि करीब ग्यारह सौ नए प्लिस कर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा है और हमारा अरुणाचल अभियान के तहत प्लिस विभाग समाज के विभिन्न संगठनो के साथ मिलकर अपराध पर नियंत्रण करने के अलावा सामाजिक ब्राईयों के खिलाफ अभियान चला रही है

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जेम्स के लेगो ने झंडा रोहण किया और सभी कर्मियो को शुभकामनाए दी है उन्होंने प्लिस कर्मियों से मादक पदार्थो की तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त कार्रवाई करने को कहा श्री लेगो ने कहा कि यदि कोई भी प्लिस कर्मी मादक पदार्थों के व्यापार में शमिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन्होंने पुलिस कर्मियों से स्थानीय लोगो के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ईमानदारी से ड्यूटी करने का आहवान किया

राज्य में इस महीने एक सप्ताह में कोविड से आठ लोगो की मृत्यु हो चुकी है राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार लोअर स्बनसिरी जिले के एक अद्वावन वर्षीय व्यक्ति की और लोअर सियांग जिले की एक पचपन वर्षीय व्यक्ति की शनिवार को मौत हो गई हालाकि दोनो ही कोविड मरीज अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त थे

जबकि तेरह हजार सात तो पचासी मरीज को अबतक अस्पतालों से छ्ट्टी दी जा च्की है कोविड से स्वस्थ होने की दर भी नवासी दशमलव पांच सात प्रतिशत हो गई है शनिवार को कोविड संक्रमण के आए चौसठ नए मामलों में से बारह मामले शी योमी जिले से ईटानगर राजधानी क्षेत्र से पंद्रह लोअर दिबांग वैली से तेरह जबकि आठ मामले ईस्ट सियांग जिले से दर्ज किए गए वही अपर सियांग से चार तिरप वेस्ट सियांग और लेपारादा जिले से कोविड सक्रमण के दो दो नए मामले रिकार्ड किए गए है राज्य में कोविड जांच के लिए अबतक तीन लाख इकतीस हजार से ज्यादा सैपंल लिए जा च्के है

यह परीक्षा तेईस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में तैंतीस सैनिक विद्यालयों में छठी और नवीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बीस अक्टूबर से श्रु हो गई है और इस महीने की उन्नीस तारीख तक चलेगी ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है